राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृहमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत अनेक नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया

अब तक एक लाख तैंतालीस हजार से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की तीन प्रमुख परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित कीं इनमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का विस्तार करने वाला दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले दो एलपीजी संयत्र शामिल हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थों की आसान उपलब्धता से पूर्वी भारत और बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा साउंड बाईट इस गैस पाइपलाइन को बिछाने से लेकर इससे जो नए उद्योगों को ऊर्जा मिल रही है उससे बिहार में हजारों नए रोजगार बन रहे हैं और आगे भी अनेक रोजगारों के लिए संमावना बन रही है साथियों बरौनी का जो खाद कारखाना बंद हो गया था वो भी इस गैस पाइपलाइन के बनने से अब बहुत जल्द काम करना शुरु कर देगा गैस कनेक्टिविटी से जहां एक तरफ फर्टिलाइजर पावर और स्टील इंडस्ट्री की ऊर्जा बढ़ेगी वहीं दूसरी तरफ ब्छळ आधारित स्वच्छ यातायात और पाइप से सस्ती गैस और आसानी से लोगों के किचन तक पहुंचेगी

श्री मोदी ने कहा कि बांका और पूर्वी चंपारण के रसोई गैस भरने वाले संयंत्रों में हर साल सवा करोड़ गैस सिलेंण्डर भरे जा सकेंगे उन्होंने कहा कि बिहार पैकेज के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की दस परियोजनाओं में से सात परियोजनाएं प्ररी की जा चुकी हैं साउंड बाईट बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था उसमें पेट्रोलियम और गैस के जुडे दस बडे प्रोजेक्ट थे

आज ये सातवां प्रोजेक्ट है जिसमें काम पूरा हो चुका है जिसे बिहार के लोगों को समर्पित किया जा चुका है इससे पहले पटना एलपीजी प्लांट के विस्तार और स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का काम हो पूर्णिया के एलपीजी प्लांट का विस्तार हो मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट हो ये सारे प्रोजेक्ट पहले ही पूरे किये जा चुके हैं श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत सात राज्यों को तीन हजार किलोमीटर लंबी गैस पाइप लाइनों से जोड़ा जाएगा साउंड बाईट प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वी भारत को पूर्वी समुद्र तट के पारादीप और पश्चिमी समुद्री तट के कांडला से जोडने का भागीरथ प्रयास शुरू हुआ करीब तीन हजार किलोमीटर लंबी पाईपलाइन से सात राज्यों को जोडा जा रहा है जिसमें बिहार का भी प्रमुख स्थान है पारादीप हल्दिया से आने वाली लाईन अभी बांका तक पूरी हो चुकी है इसको आगे पटना मुजफ्फरपुर तक विस्तार दिया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत आठ करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिए गए गैस सिलेंण्डर गरीबों के लिए वरदान साबित हुए हैं साउंड बाईट उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के आठ करोड गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है आप कल्पना कीजिए जब घर में रहना जरूरी था तब अगर इन आठ करोड परिवारों के साथियों को हमारी बहनों को लकडी या दूसरा ईंधन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पडता तो क्या स्थिति होती कोरोना के इस दौर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को करोडों सिलेंडर मुफ्त में दिए गए हैं श्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे बिहार को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं साउंड बाईट पिछले पन्द्रह सालों में बिहार ने ये दिखाया भी है कि अगर सही सरकार हो सही फैसले लिए जाएं स्पष्ट नीति हो तो विकास होता है और हर एक तक पहुंचता भी है हम बिहार के हर एक सेक्टर के विकास को आगे बढा रहे हैं हर एक सेक्टर की समस्याओं का प्रयास कर रहे हैं ताकि बिहार विकास की नई उडान भरे उतनी ऊंची उडान भरे जितना ऊंचा बिहार का सामर्थ्य है प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार बिहार और नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है साउंड बाईट साथियों बिहार में कुछ लोग कभी ये कहते थे कि बिहार के नौजवानों पढ लिखकर क्या करोगे उन्हें तो खेत में ही काम करना है ऐसी सोचने बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ बहुत अन्याय किया इसी सोच की वजह से बिहार में बडे संस्थानों को खोलने के लिए ज्यादा काम ही नहीं किया गया था नतीजा ये हुआ कि बिहार के नौजवान बाहर जाकर पढाई करने के लिए नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए युवाओं को दूसरे मौके न देना न ऐसी व्यवस्थाएं बनाना ये भी तो सही नहीं था आज बिहार में शिक्षा के बडे बडे केन्द्र खुल रहे हैं अब एग्रीकल्चर कॉलेज मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ रही है अब राज्य में आईआईटी आईआईएम ट्रिपल आईटी बिहार के नौजवानों के सपनों को ऊंची उडान देने में मदद कर रही है प्रधानमंत्री ने एक सौ तिरानवे किलोमीटर लंबी जिस दुर्गापुर बांका पाइपलाइन का उद्घाटन किया वह छह सौ उनासी किलोमीटर लंबी पारादीप हलदिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन परियोजना का ही हिस्सा है प्रधानमंत्री ने कहा इस पाईपलाइन को प्ररा करने में कई चूनौतियों का सामना करना पडा है साउंड बाईट मुझे बताया गया है कि इस रूट पर पाईपलाइन बिछाकर काम पूरा करना बहुत ही चुनौतिपूर्ण था जिस रास्ते में दस के करीब बडी नदियां हों कई किलोमीटर के घने जंगल और चट्टानी रास्ते हों वहां काम करना इतना आसान भी नहीं होता नई इंजीनियरिंग तकनीक राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग हमारे इंजीनियरॉ श्रमिक साथियों के कठिन श्रम के कारण ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाया है इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट से जुडे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं

उन्होंने एम्स दिल्ली में अंतिम सांस ली फेफड़ों में संक्रमण के बाद उन्हें इलाज के लिये एम्स में भर्ती कराया गया था उल्लेखनीय है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रघ्रवंश प्रसाद सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि उनके निधन से बिहार और देश की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है

जमीन से जुडा व्यक्तित्व गरीबी को समझने वाला व्यक्ति पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया जिस विचारधारा में वो पले बढे जीवनभर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से भारतीय राजनीति और विशेषकर बिहार को काफी क्षति हुई है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से राजनीतिक सामाजिक शैक्षिक और समाजवाद के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह राजद नेता राबड़ी देवी तेजस्वी प्रसाद यादव कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह और पूर्व मंत्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु सहित अन्य पार्टियों के नेताओं की ओर से भी गहरा शोक व्यक्त किया गया है रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर पहने दिल्ली से विशेष विमान से पटना लाया गया पटना हवाई अड्डे पर राजद नेता तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह सहित अन्य नेताओं ने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिये विधान सभा परिसर के साथ उनके पटना स्थित आवास पर भी रखा जायेगा रघुवंश प्रसाद सिंह के परिजनों के अनुसार अंतिम संस्कार वैशाली जिले में उनके पैतृक आवास शाहपुर में होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्तमान में लागू दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप रघुवंश प्रसाद सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर नब्बे प्रतिशत से अधिक हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार आठ सौ पंचानवे लोगों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख तैंतालीस हजार तिरपन हो गयी है वहीं आज कोविड उन्नीस के एक हजार पांच सौ तेईस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या एक लाख अंठावन हजार तीन सौ नवासी हो गयी है आज सबसे अधिक एक सौ तिहत्तर मामले पटना से सामने आये हैं अररिया से चौरानवे सहरसा से नब्बे मुजफ्फरपुर से नवासी भागलपुर से तिहत्तर सुपौल से सड़सठ और पूर्णिया से अड़सठ नये मामलों की प्रष्टि हुई है इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं वहीं इसी अवधि में चौदह मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर आठ सौ बाईस हो गया है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या चौदह हजार पांच सौ तेरह है देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रतिदिन सत्तर हजार से ज्यादा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने संक्रमितों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में अठहत्तर हजार से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं अब तक इस महामारी से सैंतीस लाख से अधिक रोगी कोरोना से उबर चुके हैं वर्तमान में देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर सतहत्तर प्रतिशत से अधिक है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी से स्वस्थ हो रहे लोगों के स्वास्थ्य लाभ और कल्याण के लिए कोविड प्रबंधन नियमावली जारी की है इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान बदन दर्द खांसी गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण जारी रह सकते हैं इसमें कहा गया है कि ऐसे रोगियों की आगे की देखभाल और आरोग्यता के लिए समग्र द्रष्टिकोण अपनाना जरूरी है प्रोटोकोल में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लेने को भी कहा गया है साउंड बाईट स्वस्थ हुए लोगों को सामुदायिक स्तर पर अपने अच्छे अनुभवों को सोशल मीडिया पर मित्रों और संबंधियों जाने माने लोगों जनमत बनाने वाले लोगों धार्मिक प्रमुखों आदि के साथ साझा करना चाहिए ताकि इससे समाज में जागरूकता बढ़े और महामारी से जुड़ी भ्रांतियों और गलत धारणाओं को दूर किया जा सके

वे अपने सहकर्मियों सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता भी ले सकते हैं उन्हें एक दूसरे के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसी सावधानियों के साथ सामूहिक योग और ध्यान सत्र में भाग लेने की भी सलाह दी गई है ऐसे लोगों को स्वस्थ होने के सात दिन के भीतर इलाज करने वाले अस्पताल में जाकर या टेलिफोन पर डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए सुपर्णा सेकिया आकाशवाणी समाचार दिल्ली मुंगेर बांका और जमुई जिलों के कुख्यात नक्सली पप्पू यादव को मुंगेर पुलिस ने उसके सहयोगियों सहित संग्रामपुर से गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार नक्सली के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया है

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृहमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत अनेक नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया

अब तक एक लाख तैंतालीस हजार से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात